अब तक दो लाख इकतीस हजार से अधिक लोग हो चुके हैं संक्रमण मुक्त

और पटना समेत राज्य के अधिकतर इलाके कुहासे की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताह में भारत के पास कोविड माहामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जायेगा महामारी के बारे में वर्चुअल सर्वदलीय बैठक में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के आठ संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है साउंड बाईट भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं उनका कॉन्फिडेंस लेबल बहुत ही मजबूत है अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वामाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर आम लोगों के टीकाकरण का कार्यक्रम मौजूद है और टीकों के समुचित भंडारण और आपूर्ति के लिए पर्याप्त शीत भंडारण स्विधाओं का विकास किया जा रहा है उन्होंने बताया कि भारत ने वैक्सीन के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है साउंड बाईट भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है कोविन जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन रहेगी भारत में कोरोना वैक्सीन के रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है और वैक्सीन के जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रूप को दिया गया है इसमें टेक्नीकल एक्सपर्ट हैं केंद्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकरके काम कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्वाओं को टीके लगाये जायेंगे साउंड बाईट टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है इसमें प्राथमिकता कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे हेत्थ केयर वर्कर फ्रंट लाइन वर्कर और जो पहले से गम्भीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी प्रधानमंत्री ने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत प्राथमिकता सूची राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार की जायेगी उन्होंने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जायेगा और आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना के खिलाफ अभियान में जनभागीदारी जारी रखें क्योंकि देश को बहुत जल्द दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का संचालन करना है प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर संतानवे दशमलव एक दो प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से दो दशमलव नौ दो प्रतिशत ज्यादा है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में पांच हजार पांच सौ बहत्तर रोगियों का उपचार चल रहा है पिछले चौबीस घंटे के दौरान जहां एक ओर छह सौ उन्नीस नए रोगी सामने आए वहीं छह सौ पांच रोगी ठीक हुये राज्य में अबतक दो लाख इकतीस हजार एक सौ आठ रोगी इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक लाख छब्बीस हजार से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए अब तक एक करोड़ इक्यावन लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के अन्रोध पर धान खरीद की सीमा तीस लाख टन से बढ़ाकर पैंतालीस लाख टन कर दी है राज्य सरकार ने पिछले दिनों इस संबंध में केन्द्र से अनुरोध किया था इधर राज्य में अब तक एक हजार दो सौ छियासठ टन धान की खरीद हो चुकी है चार हजार दो सौ सात केंद्रों पर किसानों से धान खरीद की जा रही है सरकार का लक्ष्य खरीद केंद्रों की संख्या एक हजार और बढ़ाने का है राज्य सरकार ने बिहार कारखाना संशोधन अधिनियम दो हजार बीस को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचित कर दिया है इस अधिनियम के अनुसार अब बीस से कम श्रमिक होने की स्थिति में भी छोटे उद्यमियों को कारखाने का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराना होगा साथ ही बीस श्रमिकों तक सेवायोजन वाले कारखानों को स्थाई लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में गरीबों के लिये एक लाख नये आवास का निर्माण किया जायेगा नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारत बनाये जायेंगे श्री प्रसाद ने अधिकारियों को विभाग की ओर से लीज पर जमीन देने का काम बंद करने का भी निर्देश दिया साथ ही उन्होंने इस संबंध में एक स्पष्ट नीति तैयार करने को कहा है राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को समय पर परीक्षा लेने और परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है आठ विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के साथ हुई बैठक में श्री चौहान ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में आ गया है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेशभर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब सुबह और रात के समय कुहासा छाया रहेगा इधर आज सुबह राजधानी पटना में कुहासा के कारण द्रश्यता काफी कम रही द्रश्यता में कमी आने से पटना हवाई अड्डे पर उतरने वाले दो विमानों को कोलकाता में लैंड कराना पड़ा वहीं वायु प्रद्षण स्तर में बढ़ोतरी होने से पटना में धुंध की स्थिति बनी हुई है प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अनुसार पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स चार सौ चौंसठ पर पहुंच गया है जो काफी खतरनाक माना जाता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकारी मंडल की आज से पटना में दो दिवसीय बैठक शुरू हो रही है बैठक में भाग लेने के लिये संघ प्रमुख मोहन भागवत पटना पहुंच गये हैं इस बैठक में बिहार और झारखण्ड के कार्यकर्ता शामिल होंगे राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से एक करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के लगभग दो किलोग्राम सोने की बिस्किट के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है दोनों तस्कर गुवाहाटी से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है झारखण्ड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को रिम्स के वार्ड से बंगला में भेजने और फिर बंगला से पेईंग वार्ड में भेजे जाने पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सरकार से पूछा है कि यह फैसला किसका था न्यायालय ने यह भी पूछा है कि लालू प्रसाद को मिलने वाले सेवादार की नियुक्ति किस आधार पर की गई है सरकार को अठारह दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है भागलपुर के बिहपुर पुलिस हिरासत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशुतोष कुमार पाठक की मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने मृतक की पत्नी को सात लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया है सरकार को यह आदेश दिया गया है कि वह चाहे तो दोषी पुलिसकर्मी से इस राशि की वसूली कर सकती है अगले वर्ष दस फरवरी से पहले मुआवजे की राशि का भुगतान करना होगा गौरतलब है कि बिहपुर थाना पुलिस की पिटाई से आशुतोष कुमार पाठक की चौबीस अक्टूबर को पुलिस पिटाई से मौत हो गई थी इस मामले में आरोपी थानाध्यक्ष अभी भी फरार है आरबीआई ने कांटैक्टलेस कार्ड से लेनदेन की सीमा पांच हजार रूपये करने का फैसला किया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि ग्राहक एक जनवरी से दो हजार रूपये की जगह पांच हजार रूपये का लेनदेन कर सकेंगे उन्होंने बताया कि चौदह दिसंबर से चौबीसों घंटे सातों दिन आरटीजीएस की सुविधा ग्राहकों को मिलने लगेगी पटना से आरा को जोड़ने वाले नवनिर्मित कोईलवर पुल पर आज से नौ दिसम्बर तक आवागमन बंद रहेगा भोजपुर के जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है दस दिसम्बर को पुल के विधिवत उद्घाटन के बाद आवागमन शुरू होगा पुल का उद्घाटन केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह संयुक्त रूप से करेंगे नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की जारी रैंकिंग में बांका जिला दूसरे स्थान पर रहा है यह रैंकिंग अक्टूबर महीने के लिये जारी की गई है बक्सर के पौराणिक पंचकोसी यात्रा का आज शुभारंभ हुआ गंगा तट के रामरेखा घाट से शुरू हुई यह पौराणिक यात्रा अहिरौली स्थित अहिल्या धाम में समाप्त होगी भागलपुर जिले के ईशाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर में अपराधियों ने खगड़िया जिले के बंदेहरा पंचायत के पूर्व मुखिया पप्पू भगत की गोली मारकर हत्या कर दी वहीं अपराधियों की गोली से एक और व्यक्ति की मौत हो गई इधर मधुबनी जिले के लदनियां थाना क्षेत्र के गोदामटोल में अपराधियों ने एक शिक्षिका और उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी बेगूसराय जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के निराला नगर स्थित बालिका गृह में एक किशोरी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली मृतका शेखपुरा की रहने वाली थी मामले की जांच चल रही है पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के भगवतीपुर से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से पैंतालीस लाख रूपये मूल्य की शराब जब्त की है परिवहन विभाग के चलंत दस्ता सिपाही भर्ती के लिये पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पांच अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां कोविड टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक से जुड़ी खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है दैनिक भास्कर ने लिखा है भारत में कुछ ही हफ्तों में तैयार हो जायेगी कोरोना वैक्सीन पीएम हिन्दुस्तान ने लिखा है प्रधानमंत्री बोले सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों और बुजुर्गों का टीकाकरण हो सकता है प्रभात खबर की सुर्खी है नीतीश से मिले उपेन्द्र कुशवाहा नये सियासी समीकरण की अटकलें तेज दैनिक जागरण ने रिजर्व बैंक के गवर्नर के हवाले से लिखा है एक साल तक कर्ज सस्ता होने की उम्मीद नहीं राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है सेंसेक्स पहली बार पैंतालीस हजार के पार दैनिक आज ने किसानों द्वारा आठ दिसंबर को भारत बंद के एलान से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

अब तक दो लाख इकतीस हजार से अधिक लोग हो चुके हैं संक्रमण मुक्त

और पटना समेत राज्य के अधिकतर इलाके कुहासे की चपेट में